प्रदेश में स्वतंत्रा और निष्पक्ष विधानसभा च्नाव कराने के लिये वोट बनवाने हेत् विशेष अभियान चलाया गया दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार प्रे राजकीय सम्मान के साथ किया गया

केन्द्रीय रेल राज्यमंत्री सुरेश सी अंगड़ी ने कहा कि कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास के साथ रेलवे को पहले स्थान पर लाने के लिये प्रज़ोर तरीके से काम किये जा रहे है उन्होंने कहा कि सभी रेलवे विश्व में चौथे स्थान पर है लेकिन आने वाले समय मे हम नंबर एक पर आयेंगे इस कार्यक्रम के बाद म्ख्यमंत्री ने अम्बाला शहर में एक बड़ी रैली को भी सम्बोधित किया

उन्होंने कहा कि कनाडा में भी भारतीयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता समारोह मनाया जायेगा उन्होंने कहा कि क्रूक्षेत्र में पांच एकड़ भ्रमि पर भारत माता का मंदिर बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि ज्योतिसर में स्थापित किया गया लाइट एंड साउंड सिस्टम का उदघाटन भी अगले माह मे किया जायेगा

इस अभियान की उलटी गिनती आंध्रपेदश के श्री हरि कोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र में आज शाम श्रू होने की आशा है

आय्षमान भारत कार्यक्रम के तहत इस वर्ष बीस हजार स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का कार्य प्रा कर लिया जायेगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत देशभर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने है उन्होंने वैज्ञानिकों से लोगों को बीमारियों से होने वाली परेशानियों को कम करने की अपील की

जम्मू कश्मीर मे पहली जुलाई से शुरू ह्ई अमरनाथ यात्रा के बीसवें दिन यानि कल शाम तक लगभग दो लाख साठ हजार यात्रियों ने शिवलिंग के दर्शन किये बालटाल और पहलगाम दोनों तरफ से होने वाली यात्रा स्चारू रूप से चल रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले रविवार को आकाशवाणी के कार्यक्रम मन की बात में लोगों से अपने विचार सांझा करेंगे श्री मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के उपरान्त ये इस कार्यक्रम की द्सरी कड़ी है

हरियाणा में आगामी विधानसभा च्नाव को स्वतंत्र निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के सम्बध में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदान केन्द्रों पर ब्थ स्तर के अधिकारी निय्क्त करने का अन्रोध किया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव जैन ने बताया कि विधानसभा च्नाव में मतदाताओं किसी प्रकार की समस्याओं से न जूझाना पड़ा इसलिये हरियाणा में मतदाताओं को अपना नाम सूची मे दर्ज करवाने के लिये एक और अवसर दिया जा रहा है

दिल्ली की पूर्व म्ख्यमंत्री शीला दीक्षित का अंतिम सरकार आज दोपहर बाद दिल्ली में किया गया

सोनिया गांधी सहित शीर्ष कांग्रेस नेता ग़हमंत्री अमित शाह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा अन्य नेता भी अंतिम संस्कार में शामिल हये वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण अडवाणी तथा स्षमा स्वराज सहित डा मनमोहन सिंह तथा हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है हरियाणा प्लिस द्वारा झज्जर में हत्या के मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराये गये अति वांछित पैरोल जम्पर अपराधी को उसके साथी सहित अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है प्लिस विभाग के प्रवक्ता ने पंचकूला में बताया कि दोनों को विशेष नाईट डोमीनेश अभियान के तहत सीआईए की टीम ने काबू किया है

पकड़े गये युवाओं मे से एक अमित उर्फ पंडित हत्या के मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया अपराधी है इसे उम्र कैद की सज़ा हई थी वह जनवरी मे झज्जर जेल से पैरोल की छ्ट्टी लेकर बाहर आया था भिवानी प्लिस ने कल रात को नाइट डीमोनियन अभियान चलाया जिसके तहत म्ख्य चौराहो व शहर के विभिन्न इलाकों में गश्त व नाकेबंदी की गई

जिला पुलिस अधीक्षक गंगा राम पूनिया ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम जारी रहेंगे प्रदेश में राहगिरी कार्यक्रम में नूंह के यासीन मेव कालेज के सामने काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया इस कार्यक्रम में बच्चों य्वाओं और ब्ज्र्गो ने विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया तथा य्वाओं व बच्चों ने फिल्मी गीतों हरियाणवी राजस्थानी व पंजाबी ध्नों पर समूह डांस करके सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्त्ति दी